भारत में प्रभावित देशों के लोगों के प्रवेश पर लगी रोक

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ओलवृष्टि के साथ तेज बारिश की जतायी आशंका विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्यूएचओ ने कोविड नाईनटीन से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये उसे वैश्विक महामारी घोषित किया है डब्यूएचओ के अध्यक्ष अधानोम घेब्रेयेसस ने जेनेवा में पत्रकारों को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले कभी किसी कोरोना वायरस से उत्पन्न ऐसी महामारी नहीं देखी उन्होंने कहा कि सर्वाधिक दुष्प्रभावित देशों में से एक ईरान इसके प्रकोप पर नियंत्रण करने के सभी उपाय कर रहा है लेकिन उसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता है केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए पन्द्रह अप्रैल तक सभी पर्यटक वीजा निलंबित कर दिए हैं यह निर्णय तेरह मार्च को दोपहर बारह बजे से लागू होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि राजनयिक सरकारी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों रोजगार और परियोजना से संबंधित वीजा को छोड़कर बाकी सभी मौजूदा वीजा इस साल पन्द्रह अप्रैल तक निलंबित रहेंगे मंत्री ने कहा कि ओसीआई कार्ड धारकों को प्रदान की गई वीजा मुक्त यात्रा सुविधा पर भी पन्द्रह अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है किसी अपरिहार्य कारण से भारत यात्रा पर आने वाला विदेशी नागरिक नजदीकी भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है भारतीय नागरिकों समेत भारत आने वाले यात्रियों को कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए अलग रखा जाएगा जो चीन इटली ईरान कोरिया गणतंत्र फ्रांस स्पेन और जर्मनी से आ रहे हैं या पन्द्रह फरवरी के बाद इन देशों में गए हेंदे राज्य में कोरोना वायरस लक्षणों वाले के पांच संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है इसमें दो पटना के जबकि तीन अन्य फारबिसगंज औरंगाबाद और समस्तीपुर के रहने वाले हैं फारबिसगंज का संदिग्ध मरीज मलेशिया से तीन दिन पहले घर लौटा है वहीं समस्तीपुर का मरीज कुछ दिन पहले दुबई से आया है एनएमसीएच में भर्ती दो मरीजों में एक युवती राजस्थान से आई है जबकि एक युवक दिल्ली से अपने घर लौटा है पीएमसीएच में कोरोना वायरस सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार रमण ने बताया कि भर्ती मरीज अभी संदिग्ध है बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये नालंदा मेडिकल कॉलेज ने अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम स्थगित कर दिया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड नाईनटीन से बचाव के कई उपाए बताए हैं लोगों से कहा गया है कि वे बड़े कार्यक्रमों से दूर रहें साथ ही हाथ धोकर ही अपने आंख नाक या मुंह को छुए हाथों को बार बार साबुन या अन्य रसायनों से धोने की सलाह दी गई है सरकार ने इस संबंध में चौबीस घंटे कार्यरत एक हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक तेईस सत्तानबे अस्सी छियालीस शुरू किया है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईमेल एनसीओवी दो हजार उन्नीस जीमेल डॉट कॉम भी जारी किया है प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले दो दिनों के दौरान विभिन्न घटनाओं और हादसों में बानवे लोगों की मौत हो गयी है सीवान में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी अपराधियों ने एक आरकेस्ट्रा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि इसी जिले के महाराजगंज में अवकाश प्राप्त एक सैनिक और दरौंदा में एक युवक की हत्या कर दी गयी

बक्सर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तीन लोगों की हत्या कर दी गयी इधर नालंदा जिले में विभिन्न घटनाओं में सोलह लोगों की जान चली गयी जिनमें पांच लोगों की हत्या की गयी है सारण जिले में एक चौकीदार समेत चार लोगों की मौत हो गयी गोपालगंज जिले में दो लोगों की हत्या कर दी गयी जबकि विभिन्न घटनाओं में चार अन्य की मौत हो गयी वैशाली जिले में एक महिला समेत चार लोगों की जान चली गयी

जिले के नारायणपूर बस स्टैंड के पास बस और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और बीस लोग घायल हो गये इसके साथ ही उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में तैंतीस लोगों की मौत हो गयी है केन्द्र सरकार के मेक इन इंडिया योजना के अन्तर्गत राज्य के दो सौ अस्सी प्रखंड के दो हजार छह सौ बानवे पंचायतों में इस वर्ष जून महीने तक फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के एक पदाधिकारी ने बताया कि पटना जिले के बिहटा में तिरसठ एकड़ और राजगीर मे एक सौ ग्यारह एकड़ में आईटी पार्क स्थापित किये जायेंगे अधिकारी ने बताया कि वर्ष दो हजार इक्कीस के फरवरी महीने तक राज्य के छह हजार एक सौ पांच ग्राम पंचायतों में फ्री इंटरनेट सेवा देने का लक्ष्य रखा गया है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गये हैं पटना में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत घटकर चौहत्तर रूपये बानवे पैसे हो गयी है जबकि डीजल सड़सठ रूपये चौवन पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरूण कुमार ने बताया कि रेलवे ने सात हजार ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का लक्ष्य तय किया है महानिदेशक ने कहा कि ये सभी कैमरे वाईफाई सेवा से जुड़े रहेंगे उन्होंने कहा कि चौवालीस सौ ट्रेनों में आरपीएफ और जीआरपी की टीमें अलग अलग सुरक्षा मुहैया करा रही है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बादल छाये हुये हैं और कई स्थानों पर अहले सुबह छिटपुट बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान से छत्तीसगढ़ होते हुये एक टर्फ लाईन बना हुआ है जिसके प्रभाव से मौमस में बदलाव देखा जा रहा है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना बेगूसराय नवादा नालंदा गया समेत राज्य के दक्षिण मध्य और पूर्व भागों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की आशंका है प्रदेश के स्कूली छात्र अपनी परेशानी को अब स्कूलों में ही दर्ज करा सकेंगे राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने बताया कि स्कूली बच्चों से सुरक्षा संबंधित शिकायत मिल रही थी जिसके लिए हर स्कूल में एक शिकायत सेल खोला जा रहा है जहां छात्र बाल संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के अन्तर्गत अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर लिखा होगा जिसपर छात्र या छात्रा सम्पर्क कर सकते हैं राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को खपत के अनुसार लोड बढ़ाना होगा बिजली कम्पनी के एक अधिकारी ने बताया कि बार बार ट्रॉसर्फमर के फ्यूज उड़ने की समस्या के कारण यह कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ता कम्पनी की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन भी लोड बढ़ाने के लिये आवेदन कर सकते हैं भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने पाच लोगों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के अगमकुआं थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब पीने और बेचने वाले सैंतालीस लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक तेंदुए के हमले में आठ लोग घायल हो गये वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की लिए सर्च अभियान चला रही है सुपौल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र के पास नहर में स्नान के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत हो गयी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्यसभा चुनाव को अपनी बड़ी खबर बनाते हुये प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है हरिवंश रामनाथ जदयू व विवेक भाजपा उम्मीदवार दैनिक जागरण की बड़ी खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों ने थामा कमल दैनिक भास्कर लिखता है होली की बधाई वाले बैनर में नाम नहीं दिया तो छात्र जदयू नेता की हत्या प्रभात खबर ने एसबीआई के एक निर्णय पर लिखा है सभी बचत खाता धारकों को जीरो बैलेंस सुविधा अखबार आज ने राज्य सरकार के एक निर्णय पर सुर्खी दी है अशोक राजपथ से एनआईटी तक फोर लेन एलिवेटेड पथ

भारत में प्रभावित देशों के लोगों के प्रवेश पर लगी रोक

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ओलवृष्टि के साथ तेज बारिश की जतायी आशंका